प्रदेशभर में ध्रमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्वपवित्र नदियों में श्रद्दालुओं ने लगाई आस्था की ड्बकी बागेश्वर में आज से उत्तरायणी मेले का हुआ शुभारंभउत्तरकाशी में भी माघ मेला हुआ शुरू भगवान आदि बदरी के कपाट आज विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में खुले

मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं बीती रात से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है

खास बात यह है कि तीर्थयात्री सड़क मार्ग जल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा कृंभ में पहुंच सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से कुम्भ मेले का सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवार्णी ने अलग से एक किलोवॉट का एफ एम रेडियो स्टेशन कृम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवार्णो ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन क्म्भ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरू करेगा स्लग रैली देहरादून लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देहरादून में रविवार को महिलाओं की कार रैली का आयोजन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है उन्होंने आये दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई उन्होंने कहा कि सरकार पॉलिसी बना सकती है रोड इंजीनियरिंग पर ध्यान दे सकती है लेकिन सड़कों पर सुरक्षित चलने की जिम्मेदारी वाहन चालक की होती है उन्होंने कार रैली के आयोजन के उद्देश्य की सराहना की इस अवसर पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है

स्लग नेकी की दीवार बागेश्वर में पड़ी रही कड़ाके की ठंड में गरीबों की मदद के लिए अनूठी पहल की गई है यहां जिला पंचायत कार्यालय परिसर में नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया है लोग यहां अपने पुराने गरम कपड़े और जूते रख सकते हैं जो गरीबों को ठंड से बचाने में मददगार साबित होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि ठंड के मौसम में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास गरम कपड़े नहीं हैं नेकी की दीवार के जरिए उनकी इस समस्या का समाधान हो सकेगा

मकर संक्रांति में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है लिहाजा आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने गंगा समेत तमाम पवित्र नदियों में डुबकी लगाई खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आये लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई मंदिरों में भी श्रद्वालुओं की भीड़ लगी रही साथ ही जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रान्ति की बधाई और शुभकामनाए दी उन्होंने कहा कि यह पर्व सूर्य नदियों और जलस्रोतों की उपासना के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी देता है राज्यपाल ने कहा कि शुभ दिनों की शुरुआत का यह पर्व पूरे देश में बिहू पोंगल उत्तरायणी आदि कई नामों से मनाया जाता है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी सभी को मकर संक्राति पर्व की शुभकामनाएं दी उन्होंने कामना की कि सूर्य की आराधना का यह पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे गौरतलब है कि मकर संक्रांति सर्दियों की समाप्ति और फसलो की कटाई के पर्व के रूप में मनाया जाता है

वित्त मंत्री प्रकाश पंत और केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सयुंक्त रूप से ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का श्भारंभ किया इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बाबा बागनाथ की इस पवित्र धरती पर लगने वाले उत्तरायणी मेले का धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है उन्होंने नुमाईशखेत मैदान में लगे सरकारी स्टॉलों और किसानों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया मेले की शुरुआत रंगारंग झांकियों से हुई लोक संस्कृति की झलक समेटे इन झांकियों को जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने रवाना किया ये झांकियां मुख्य बाजार से होते हए नुमाईशखेत मैदान पहंची जिनको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़े इन झांकियों में मदकोट के विशाल नगाड़े के साथ ही दारमा के कलाकारों के नृत्य स्थानीय कलाकारों के झोड़ा चांचरी स्कूली बच्चों रं समुदाय की महिलाओं की प्रस्तुति के साथ ही छोलिया नृत्य ने सभी का मन मोह लिया

बागेश्वर में माघ माह में लगने वाले उत्तरायणी मेले की अलग ही पहचान है सरयू गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर बसे शिवनगरी बागेश्वर में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन से आठ दिन का मेला लगता है

जिले के प्रसिद्ध माघ मेले में विभिन्न क्षेत्रों से आयी देव डोलियों ने मेलार्थियों को आशीर्वाद दिया

मेले में सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल भी लगाए गए हैं मंगलवार को यहां कृषि विभाग की गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले गए इसी के साथ मंदिर में महाभिषेक के साथ साथ गणेश प्राण कथा का भी आयोजन शुरू हो गया है इस अवसर पर श्रद्दालुओं की भारी भीड़ लगी रही वहीं आज से ही यहां पर सात दिवसीय मेला भी शुरू हो गया है गौरतलब है कि वर्ष भर में सिर्फ पौष मास में एक महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किये जाते हैं

स्लग कटारमल पौष मेला अल्मोड़ा जिले के कटारमल में उत्तर भारत के सबसे बड़े और पौराणिक सूर्य मंदिर में रविवार को पौष मेला आयोजित किया गया